इस बैठक में राज्यों को जीएसटी में हई क्षति की पूर्ति के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के मुद्दे पर चर्चा होने की संभावना है केंद्र सरकार ने जीएसटी क्षतिपूर्ति के लिए राज्यों को बैंकों से कर्ज लेने का विकल्प दिया था

दाखिले के लिए छह अक्टूबर से काउंसलिंग शुरू होगी आईआईटी दिल्ली ने इस संबंध में वेबसाइट में अधिसूचना पहले ही जारी कर दी है कोरोना वैक्सीन केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कहा है कि सरकार हर नागरिक को कोरोना वायरस की वैक्सीन मुहैया कराने की तैयारियों में लगी है इसके लिए नीति आयोग के सदस्य डॉ वीके पॉल के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है

बता दें कि कोरोना वैक्सीन की रेस में सबसे आगे चल रही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने कहा है कि अगले तीन महीनों में कोरोना का टीका तैयार हो जाएगा वन्यप्राणी सप्ताह राज्य स्तरीय वन्यप्राणी सप्ताह के आज पांचवें दिन आज पक्षी दर्शन एवं प्रकृति शिविर आयोजित किया जा रहा है

कल चौथे दिन पहली बार तितलियों को जानिए विषय पर नेचर कैम्प आयोजित किया गया था

भाजपा की ओर से केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने अम्बाह विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से चर्चा करने के साथ ही जनसभाओं को संबोधित किया श्री तोमर ने कहा कि संगठन के प्रत्येक वर्ग और मोर्चा की बैठकों में कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया जा रहा है

इन दोनों राशियों को कोषालय में जमा करा दिया गया है

इस नम्बर पर फोन करके कोविड संबंधित कोई जानकारी या कोविड केयर सेंटर अस्पतालों में बेड के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है यह नम्बर लैण्डलाइन और मोबाइल दोनों के लिए उपलब्ध रहेगा